कहा कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जाएं देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब तैंतालीस प्रतिशत हुई प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हुए

रेलवे ने देश में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से अड़तालीस लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन सेवा भी तत्काल शुरू की जाए उन्होंने कहा कि मेडिकल इन्फेक्शन से चिकित्साकर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों पैरामेडिक व नर्सिंग स्टाफ और एम्बुलेंस चालकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना कन्टेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिए इस बीच मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया उन्होंने अस्पताल द्वारा मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य के कोविड अस्पतालों में अब तक अठहत्तर हजार से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है और इकत्तीस मई तक इसे बढ़ाकर एक लाख तक कर दिया जायेगा लखनऊ में कल संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को लेकर अब तक प्रदेश में एक हजार चार सौ ग्यारह ट्रेन आ चुकी हैं जिनसे अन्य राज्यों में फंसे उन्नीस लाख पन्द्रह हजार से अधिक श्रमिक प्रदेश में वापस आए हैं उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनकी रिकल मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजयराघवन ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने के लिए देश में लगभग तीस समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है श्री विजय राघवन ने कहा कि कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए पांच महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है

तीसरी फिजिकल डिस्टेन्सिंग मीट करनी चाहिये यह तीनों आसान लगते हैं तेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है करना मुश्किल है और उसके लिये साइंस एंड टैक्नोलॉजी से तरह तरह के साल्यूशन्स निकालने चाहिये चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है यह पांच हमारे हाथ में हमारे सोसायटी के हाथ में अमी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिये देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर बयालीस दशमलव सात पांच प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक सड़सठ हजार छः सौ इक्यानबे संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार दो सौ छियासठ लोग स्वस्थ हुए हैं उन्होंने बताया कि छियासी हजार एक सौ दस लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गये हैं मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार कोविड नाइन्टीन से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सारा देश नोवल कोरोना वायरस से संघर्ष के लिए एकजुट है और भाजपा कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जनता की सेवा में लगे हैं कल नई दिल्ली में पार्टी के महासचिव भूपेन्दर यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने देशभर में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान श्रू किया है उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत उन्नीस करोड़ जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन और चार करोड़ लोगों को सुखा राशन उपलब्ध कराया गया है उन्होंने यह भी बताया कि देश भर में पांच करोड़ मास्क भी वितरित किये गए हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से दो सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर चार हजार दो सौ पन्द्रह हो गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार सात सौ अट्ठावन है कल एक सौ चौरासी लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या सात हजार एक सौ स्तर हो गई है राज्य में बीमारी से कल पन्द्रह लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ सत्तानबे पहुंच गई प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक पन्द्रह मरीज गाजियाबाद में मिले आजमगढ़ जिले में कोविड नाइन्टीन के तेरह नए मामलों की पृष्टि हई है जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या उनहत्तर हो गई है लखनऊ में दस और संतकबीर नगर में नौ लोगों में संक्रमण की पुष्टि ह्यी है गोरखपुर में नौ मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या इकहत्तर पहुंच गई है इसके अलावा भदोही बस्ती गौतमबुद्ध नगर में सात सात सहारनपुर फिरोजाबाद संभल मैनपुरी में छः छः आगरा गोण्डा झांसी में पांच पांच गाजीपुर बलिया चित्रकूट कानपुर देहात में चार चार बुलन्दशहर प्रयागराज मथुरा रायबरेली देवरिया में तीन तीन सिद्वार्थनगर बिजनौर प्रतापगढ़ लखीमपुर खीरी इटावा फतेहपुर हरदोई बदायूं औरैया में दो दो और मेरठ मुरादाबाद वाराणसी जौनपुर अलीगढ़ अयोध्या अमेठी बलरामपुर उन्नाव फर्रूखाबाद महोबा तथा सोनभद्र में एक एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुयी है प्रदेश सरकार राज्य में आठ सौ किलोमीटर लंबी सडकों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी इन सड़कों की विशेषता यह होगी कि इनके दोनों ओर औषधीय और जड़ी बुटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी को बताया कि इन हर्बल सड़को के किनारे पीपल नीम सहजन जैसे आयूर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी अश्वगंधा और जैट्रोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाये जायेंगे उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे आयुर्वेदिक दवाओं के लिये उपयोग में लाये जायेंगे और साथ ही ये भूमि का क्षरण भी रोकेंगे रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिये अड़तालीस लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा है रेल मंत्रालय ने बताया कि पिछले छब्बीस दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में तीन हजार पांच सौ तैंतालीस श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई सबसे अधिक एक हजार तीन सौ बानवे रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया जबकि एक हजार एक सौ तेईस रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को बिहार पहुंचाया गया कोविड नाइन्टीन के विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते उन्हें पहचानना मुश्किल है और यह संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या का एक मुख्य कारण है यह संक्रमण तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स जो होते हैं और सिम्पटोमैटिक कैरियर्स होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है वह कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वह बीमारी फैलाते हैं तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब पेशेट्स के साथ टेस्ट तो कराते नहीं हैं इसीलिए यह बीमारी थोड़ा सा फैल रही है हमें साक्षानी बरतनी होगी युनिवर्सल प्रिकाशन जिसको कहते हैं वह करना पड़ेगा तमी हम इस संक्रमण को रोक सकेंगे डॉक्टर माला श्रीवास्त ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वे बेहद सावधान रहें और हर तरह से जरूरी एहतियाती उपाय करें जो गर्मवती महिलाएं होती हैं उनकी इम्युनिटी वैसे भी थोड़ी सी कम होती है तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए इवन घर में भी बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टॅसिंग बनाकर रखना चाहिए उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर फैल रही फेक न्यूज यानी भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए आकाशवाणी आपको असलियत से अवगत कराता है सरकार ने कोविड नाइन्टीन की वजह से प्रवासियों की परेशानियों के सिलसिले में जमीन पर लेटी एक महिला को लेकर किये जा रहे दावे का खंडन किया है एक ट्वीट संदेश में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे गलत करार दिया है पीआईबी ने कहा है कि यह एक पुराना वीडियो है और इसे संदर्भ से हटकर साझा किया जा रहा है पीआईबी ने लोगों से कहा है कि वे इस तरह के झूठे दावों से सावधान रहें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का कथक केन्द्र पहली जून से ऑनलाइन कथक कार्यशाला प्रारम्भ कर रहा है